बैठक के दौरान म्यामार सीमा से लगे राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास पर भी चर्चा की गई गौरतलब है कि सड़क का निर्माण कार्य नामदफा नेशनल पार्क की वनस्पतियों के देखभाल के लिए आवश्यक है उन्होंने पार्क के वन्य जीवो के सुरक्षित विचरण के लिए कोरिडोर पर चर्चा की गई राज्यपाल और ग्रामीण कार्यविभाग मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक राज्य के महत्वपूर्ण मियाओ विजयनगर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने पर चर्चा की

इसके तहत स्कूल के प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को संपूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा इस समेकित कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों तथा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के बयालीस लाख प्रतिभागियों की क्षमता में वृद्धि करना है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अध्यापकों को विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और नवोन्वेषी तरीके से सोचने की प्रवृत्ति जागृत करने के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा इसके अलावा विद्यार्थियों में विभिन्न परिस्थितियों से निपटने का कौशल विकसित करने के प्रशिक्षण दिये जायेंगे इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि समाज में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भ्रमिका हैं उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों में वैज्ञानिक सोच और ज्ञान तथा शैक्षणिक कौशल विकसित करने की जरुरत है ताकि वे विद्यार्थियों में इसको जागृत कर सकें

ईटानगर में सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धारा तीन सौ इकहत्तर पूर्वोत्तर और देश के कई अन्य राज्यों के विकास के लिए विशेष अधिकार से जुड़ा हुआ है और इसमें केंद्र सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में अलगाव वाद को समाप्त कर इस क्षेत्र के विकास के लिए तीन सौ इकहत्तर के तहत राज्यों को मिले विशेष अधिकार को खत्म किया है

एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन मदर्स विजन द्वारा वर्ष दो हजार चौदह में स्थापित इस केंद्र में तेईस व्यक्तियों की काउंसिलिंग और इलाज किया जा रहा है ताकि वे नशे के सेवन को छोड़ अपना जीवन सवार सके विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के साथ गैर सरकारी संगठनों को सहयोग करना चाहिए

नाहरलगुन में राज्य के पहले फसल प्रशंस्करण और अनुसंधान केंद्र के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कृषि और बागवानी से कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए किसानों को जागरुक किया जा रहा है

इस बैठक में तंबाकू की बिक्री के लिए अलग से लाइंसेंस देने और किराना के दुकानों पर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया

आज का अधिकतम तापमान पैतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया